बैठक में प्रदेश की चारों संसदीय सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जाएगा बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व सांसद शांता कुमार मौजूद रहेंगे वित्त मंत्री वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर परिषद एक श्रेष्ठ संघीय संस्था है और इसने व्यापारियों तथा आम लोगों के लाभ के लिए अनेक मुद्दों का निष्मादन किया है ट्वीटर पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि जी एस टी परिषद के सफल अनुभव का अन्य क्षेत्रों में प्रयोग किया जाना चाहिए होली रंगों का त्योहार होली आज देश सहित प्रदेशभर में हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है विभिन्न स्थानों पर लोग अपने परिचितों को रंग लगाते दिखाई दे रहे हैं इस त्योहार को लेकर युवाओं में विशेष उत्साह है ढोल नगाड़ों के साथ युवाओं की टोलियां रंगों के साथ सड़कों पर देखी जा रही है शिमला के रिज मैदान पर भी लोग इसी तरह रंगों से सराबोर है राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को होली उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं आचार्य देवव्रत ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि होली उत्सव देश की विविध संस्कृति का परिचायक है और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि ये उत्सव प्रदेश के लोगों के जीवन में नया उत्साह और खुशहाली लेकर आएगा इस पर्व को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं सुजानपुर होली हमीरपुर के सुजानपुर में चल रहे राष्ट्र स्तरीय होली महोत्सव में कल हेल्दी बेबी शो प्रतियोगिता आयोजित की गई

पहले तीन स्थानों पर रहे बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया ज्ञापन जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की गोंदला और खंगसर पंचायतों में लोग सड़क और संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते परेशान हैं ग्रामीणों ने आज केलंग में विरोध प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जिला परिषद अध्यक्ष शशि किरण और गोंदला पंचायत के उपप्रधान सूरज ठाकुर ने बताया कि जिला प्रशासन इलाके की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है उन्होंने कहा कि इलाके में दो महीने से संचार सेवाएं ठप्प रहने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में आज हल्के बादल छाए हुए हैं राज्य की उंची चोटियों पर कल रात हल्का हिमपात तथा ओलावृष्टि हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है

उड़ान जनजातीय क्षेत्रों के लिए आज हेलिकॉप्टर की पहली उड़ान भुंतर तिंदी उदयपुर भुंतर दूसरी भुंतर किलाड़ चम्बा और तीसरी उड़ान चम्बा किलाड़ भुंतर के बीच भरी जाएगी

ये सभी उड़ाने मौसम पर निर्भर करेगी अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है दो भाजपा सांसदों के टिकट कटने के संकेत हिमाचल भाजपा में बढ़ी हलचल दैनिक भास्कर के शब्द हैं कांगड़ा शिमला में बदले जा सकते हैं चेहरे भाजपा शुक्रवार को जारी करेगी केंडीडेट लिस्ट अजीत समाचार का शीर्षक है मुख्यमंत्री आज दिल्ली में भाजपा हाईकमान ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को किया दिल्ली तलब हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है शिमला कालका राष्ट्रीय उच्चमार्ग मामले में हाईकोर्ट के आदेश जिनके कार्यकाल के दौरान अवैध निर्माण हुआ उनके नाम बताओ दैनिक भास्कर और दैनिक सवेरा टाइम्स के लगभग एक जैसे शब्द हैं कालका शिमला एनएच पर अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट सख्त दिव्य हिमाचल लिखता है पौंग डैम विस्थापितों को राजस्थान में ही मिलेगी जमीन अमर उजाला के शब्द हैं पोंग विस्थापितों के लिए हिमाचल में जमीन नहीं खरीदेगा राजस्थान दैनिक जागरण का कहना है आचार संहिता खत्म होते ही पौंग विस्थापितों को जमीन पढ़े लिखे बेरोजगारों से आखिर यह धोखा क्यों शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है क्लास थ्री और फोर के पदों पर गैर हिमाचलियों की भर्ती से उठे सवाल

मौसम से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है राजधानी शिमला में ओलावृष्टि चोटियों पर बर्फबारी